उन्होने सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं के लामार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद आयोजित सभा को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का विकास करना सरकार की प्राथमिकता है उन्हॉने कहा कि विकास की समी योजनाओ का लाभ बिना भेदभाव के सभी पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिये सरकार कृतसंकल्प है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये अनेक योजनायें चलायी जा रही है जिससे अर्थव्यवस्था और सुदृढ होगी प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात में बाढ़ की समस्या का जल्द ही स्थायी समाधान किया जायेगा और लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने तथा बन्द कताई मिलों को शुरू कराने के लिये कार्ययोजना तैयार की जा रही है कृषि बिल के सम्बन्ध में विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि बिल से किसानों को व्यापक लाभ होगा

उन्होंने कहा है कि प्रि लोडेड का स्क्रीन साइज दस इंच और इसकी स्क्रीन क्वालिटी हाई रेजोल्युशन की होगी इससे पठन पाठन के दौरान महाविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों की आखों पर खराब असर नही पड़ेगा टैबलेट की अधिक स्टोरेज क्षमता होने के कारण विद्यार्थी इसमें अपने सभी विषयों के ई कंटेन्ट रख सकेंगे उन्होंने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौद्योगिकी के उपयोग और एकीकरण पर बल दिया गया है डिजिटल इण्डिया अभियान पूरे देश को डिजिटल रूप में सशक्त समाज तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने में मदद कर रहा है

यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है एक रिपोर्ट पिछले पांच दशक में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा

प्रधानमंत्री की सहभागिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह और प्रसन्नता नजर आ रही है उनके कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही यहां एक नए युग की शुरुआत होगी

विश्वविद्यालय के प्रक्ता के अनुसार प्रवानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री स्मेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हॉगे एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ पश्चिमी उत्तर पदेश के किसानों ने नये कृषि कानूनों का समर्थन किया है हिन्द मजदूर किसान समिति के एक शिष्टमंडल ने कल नई दिल्ली में क्रापि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट की और नये क्रापि कानूनों के समर्थन के बारे में उन्हें एक ज्ञापन दिया समिति के सचिव सतीश ने कहा कि नये कृषि कानून किसानों के हित में हैं और उनका संगठन इन कानूनों का पूरी तरह समर्थन करता है हिन्द मजदूर किसान समिति सातवा किसान संगठन है जिसने कृषि कानूनों पर सरकार का समर्थन किया है इससे पहले हरियाणा उत्तराखंड महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के किसानों ने कृषि कानुनों का समर्थन किया था

कार्मिक और पेंशन मामलों के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जीतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड महामारी को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को यह राहत दी गई है

पिछले चौबीस घंटों में पच्चीस हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हए इसे लेकर स्वस्थ होने वालों की कृल संख्या बढ़कर छानबे लाख छह हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में देश में संक्रमण के तीन लाख तीन हजार सक्रिय मामले हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौबीस हजार तीन सौ सैंतीस नए रोगी सामने आए जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर एक करोड़ पचपन हजार हो गई है पिछले चौबीस घंटे में देश में तीन सौ तैंतीस लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या एक लाख पैंतालिस हजार आठ सौ दस हो गई है